शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मैडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये महसूस किया गया है कि घर में आइसोलेशन में रह रहे लोग उस समय अस्पताल जाते हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा सूचना और संचार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोरोना जैसे लक्षण सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सकें उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के मास्क अप अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ चिकित्सकों को अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों से मिलने को कहा ताकि उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो उन्होंने अधिकारियों को कोरोना देखभाल केन्द्रों में भर्ती रोगियों को गर्म पानी और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर वे प्रमुख गैस व तेल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के खड़ीवही में सामुदायिक भवन का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गो व महिलाओं का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज चैखणाधार में पेयजल योजना के भूमि पूजन के अवसर पर बताया कि हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है

बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र ने पूर्व सांसद राजन सुशांत पर निजी स्वार्थों के लिए राज्य सरकार के खिलाफ भ्रामक व झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है बिक्रम ठाकुर ने राजन सुशांत पर अवसरवादी होने का आरोप भी लगाया

चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि इस दौरान किसानों के हस्ताक्षर करवाकर इन विधेयकों को पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में कांति आएगी और किसानों को लाभ होगा कीमत प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने केंद्र व राज्य सरकार से सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर अंकृश लगाने की मांग की है पार्टी के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि पिछले कृछ दिनों से प्याज आलू और टमाटर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई हैं जिससे गरीब तबके के लोग प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए

मौसम लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बीती रात हल्का हिमपात होने से जिले में ठंड बढ़ गई है जिले के रिहायशी इलाकों पर भी इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है रोहतांग दर्रा बारालाचा दर्रा और लेडी ऑफ केलंग सहित अन्य सभी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है इन इलाकों में एक से दो इंच तक बर्फबारी हुई है इस बर्फबारी के बाद कोकसर और दारचा में न्यून्तम तापमान माइनस चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है राज्य के अन्य भागों में भी सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है